शहीद मेजर विभूति ढोंडियाल का हरिद्वार में सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार नम हुई हजारों आंखें रविदास जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जातिगत भेदभाव समाप्त करने की अपील की

स्लग सेना पीसी सेना ने कहा है कि उसने पुलवामा में सी आर पी एफ काफिले पर आतंकी हमले में शामिल जैश ए मोहम्मद के एक बड़े आतंकवादी को सौ घंटे से भी कम समय में मार गिराया है

उन्होंने कहा कि हमले की पूरी कार्रवाई पाकिस्तान से नियंत्रित की जा रही थी जिसे वहां की सेना और खुफिया एजेंसी आई एस आई का पूरा संरक्षण प्राप्त था लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने बताया कि सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकवादी कामरान पर हमला कर उसे ढेर कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल ढिल्लो ने बताया कि सी और पी एफ के घायल जवान स्वस्थ हो रहे हैं उन्होंने घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बच्चो के अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चो को आत्मसमर्पण करने के लिए कहें जनरल ढिल्लो ने कहा कि कश्मीर में जो भी बंदूक उठायेगा उसे मार गिराया जाएगा स्लग शहीद अंतिम संस्कार जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए देहरादून के मेजर विभूति ढौंडियाल का आज हरिद्वार में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया उनके चाचा जगदीश प्रसाद ने शहीद को मुखाग्नि दी इस दौरान सेना के अधिकारियों जवानों और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे इससे पहले कैबिर्नेट मंत्री मदन कौशिक ने शहीद विभूति ढौंडियाल के पार्थिव शरीर पर पृष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की भारत माता की जय और जब तक सूरज चांद रहेगा वीरों तुम्हारा नाम रहेगा के नारे लगाते हुए सैकड़ों लोग देश के इस लाल के अंतिम दर्शन करने पहुंचे इससे पहले मेजर विभूति ढौंडियाल का पार्थिव शरीर देहरादून स्थित उनके आवास लाया गया जहां मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शहीद के पार्थिव शरीर पर पृष्पचक्र अर्पित कर श्रद्वांजलि दी उन्होंने शहीद ढौंडियाल के परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की और उनके आश्रित को नौकरी देने की बात कही शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी तादाद में लोग उमड़े गौरतलब है कि मेजर विभूति ढौंडियाल सेना के पचपन राष्ट्रीय राइफल में तैनात थे पिछले साल ही उनकी शादी हुई थी स्लग पलायन आयोग उत्तराखण्ड पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ एस एस नेगी ने कहा है कि पिछले दस सालों में पर्वतीय जनपदों में अधिक पलायन हुआ है जिनमें पौड़ी और अल्मोड़ा में सबसे अधिक पलायन हुआ है अल्मोड़ा में अधिकारियों की बैठक लेते हुए डॉ नेगी ने कहा कि आयोग द्वारा राज्य में पलायन पर ंसर्वे करने के लिए सभी जनपदों का भ्रमण किया जा रहा है उन्होंने बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों से पलायन का कारण और उसे रोकने के लिए सुझाव प्राप्त किये बैठक में उपाध्यक्ष ने कहा कि सभी विभागों के सुझावों और समस्याओं का विश्लेषण करने के बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी इसके बाद पलायन को रोकने के लिए ठोस रणनीति तैयार की जायेगी उन्होंने कहा कि पलायन आयोग का मुख्य उद्देश्य पलायन को रोकने और ग्रामीण विकास को बढाना है इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पहाडों में महिलाएं आर्थिकी का मुख्य आधार हैं उनके के लिए विशेष योजनाएं चलाये जाने की जरूरत है स्लग समीक्षा बैठक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किये जा रहे काम के लिए उत्तराखंड को केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पुरस्कृत किया है कल विधानसभा में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रगति की समीक्षा की

इसके लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य की सराहना की और पुरस्कृत किया बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम भावना से काम करते हुए उत्तराखण्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य के तौर पर स्थापित करना है इसमें सरकार शासन प्रशासन विभिन्न संस्थाओं और राज्य के सभी नागरिकों को मिलकर कार्य करना होगा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

इस बीच मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भी प्रदेश वासियों को संत रविदास जयंती की श्भकामनाएं दी हैं

उन्होंने कहा कि इस बजट में गांवों के विकास की प्रतिबद्वता झलकती है बजट में महिला सशक्तीकरण सहकारिता विकास किसानों के कल्याण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं उन्होंने एक संतुलित समावेशी बजट पारित करने के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी

बजट में राज्य के समग्र विकास को ध्यान में रखा गया है उन्होंने बताया कि बजट तैयार करने में आम जनता से संवाद स्थापित कर उनसे प्राप्त सुझावों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है

उन्होंने बताया कि सहकारिता विकास के क्षेत्र में पिछले बजट की तुलना में इस बार एक सौ चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है

सैनिक कल्याण के तहत एन सी सी अकादमी की स्थापना के लिए पांच करोड़ रुपये और शौर्य स्थल के निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है स्लग मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने आज पिथौरागढ में लोकसभा चनावों की तैयारियों का जायजा लिया इस दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित स्ट्रांग रूम और मतगणना स्थल का निरीक्षण भी किया उन्होंने जिला सभागार में अधिकारियों की एक बैठक ली और उन्हें चुनाव से संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव से जुड़े अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किये गए सी विजिल ऐप के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावो को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सी विजिल एप पर आने वाली शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए टाईम बाउंड तरीके से निस्तारण किया जाना है इसकी मानिटरिंग भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी की जाएगी इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बूथ इलेक्शन मैनेजमेन्ट प्लान की समीक्षा करते हुए सेक्टर प्रभारियों की समस्याएं भी सुनी